इसके अलावा मुख्यमंत्री उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों से वीडियो कान्फ्रैंसिंग के माध्यम से भी कोरोना महामारी की स्थिति को लेकर फीडबैक लेंगे कॉलेज खुले प्रदेश में आठ महीने के बाद पहली दिसंबर से मेडिकल कॉलेजों में कक्षाएं फिर से आरंभ होंगी

स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए तीन सदस्यों का केंद्रीय दल इन दिनों हिमाचल के दौरे पर है

इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जायेगा

इसे आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूटूब चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जायेगा

सुरेश कश्यप सांसद सुरेश कश्यप ने अधिकारियों को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं सिरमौर जिला के नाहन में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कल उन्होंने कोविड महामारी के चलते इस वित्त वर्ष में रूके कार्यो को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्वक पूरा करने को भी कहा अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने शीतकालीन सत्र से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है दिव्य हिमाचल की सुर्खी है शीत सत्र होगा सर्वदलीय बैठक में तय समय पर ही आयोजन की बनी सहमति पंजाब केसरी का शीर्षक है धर्मशाला में ही होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र दैनिक जागरण का कहना है शीतकालीन सत्र हुआ तो धर्मशाला में ही होगा

आपका फैसला के अनुसार तय तिथि पर ही होगा शीतकालीन सत्र मुख्यमंत्री ने केंद्र से ऊर्जा उपकरण विनिर्माण हब को स्वीकृत करने का किया आग्रह आपका फैसला की ख़बर है अमर उजाला का शीर्षक है हिमाचल में एक दिसंबर से शुरू होगा जाएंगी एमबीबीएस बीडी एस व नर्सिंग की कक्षाएं अजीत समाचार की सुर्खी है पहली दिसम्बर से खुलेंगे मैडिकल नर्सिंग व पैरामैडिकल कॉलेज पंजाब केसरी की सुर्खी है हिमाचल में नए बिजली मीटर की बढ़ाई गई दरों पर लगी रोक अमर उजाला का शीर्षक है सूबे में पुरानी सिक्योरिटी राशि पर ही मिलेंगे नए बिजली कनेक्शन जबकि दैनिक भास्कर लिखता है नया बिजली मीटर लगाने पर फिलहाल सिक्योरिटी राशि नहीं बढ़ाएगा बोर्ड

दैनिक जागरण लिखता है मास्क न पहनने पर पांच हजार जुर्माना आठ दिन जाएंगे जेल हिमाचल दस्तक लिखता है हिमाचल के लिए अगले दो हफ्ते संवेदनशील